इस बीच हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत राज्य में होने वाले मेले त्यौहार और टूर्नामेंट के आयोजन पर रोक लगा दी गई है कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार होने तक ऐसे आयोजन नहीं किये जायेंगे सरकार ने स्थिति में सुधार होने तक लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है हालाँकि आईजीएमसी शिमला में आये एक संदिग्ध मामले की रिपोर्ट नेगेटिव पायी गयी है शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला स्थित राजभवन में कल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार ने राज्यपाल से घुमंतू पशुपालकों को वन अधिकार कानून के तहत चराई के अधिकार देने का आग्रह किया महासंघ के सदस्यों ने कहा कि हिमाचल की पहाड़ी गाय व गौजरी मैंस को राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मूल नस्ल घोषित किया गया है और इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए खुले चराई क्षेत्र को सुनिश्चित किया जाए राज्यपाल ने महासंघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सरकार से चर्चा का आश्वासन दिया

दो दिवसीय इस सम्मेलन में मलेशिया पोलेंड सहित देशभर के विशेषज्ञ वक्ता अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले थे कॉन्फैस के सचिव डॉ प्रदीप सिंह ने बताया कि सरकार के आदेशों के बाद इसे स्थगित करना पड़ा है उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद इसके मई में होने की संभावना है प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि से राज्य के तापमान में गिरवाट दर्ज की गई है राजधानी शिमला में भी कल रात हल्का हिमपात हुआ हालांकि अभी मौसम साफ बना हुआ है शिमला से उपरी क्षेत्रों को जाने वाली सड़कें ताजा बर्फबारी के कारण अवरूद्व हो गई हैं प्रदेश में आंधी तूफान व ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई स्थानों पर घरों की छते उड़ने का समाचार है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द है टीएमसी में कोराना के दो संदिग्ध भर्ती एक अमरीकी नागरिक दूसरा नेपाली मूल का जांच को भेजे दोनों के सैंपल दैनिक जागरण और हिमाचल दस्तक लिखता है कोरोना अलर्ट हिमाचल में मेलों व खेल आयोजनों पर रोक

आपका फैसला के शब्द है पहाड़ों में भारी बर्फबारी कुल्लू में अंघड़ ने उड़ाई सैंकड़ों छतें दैनिक भास्कर लिखता है नारकंडा खड़पत्थर में सड़क पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ी संभल कर गुजरें अजीत समाचार का शीर्षक है प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी रामपुर में तूफान से कई घरों को नुकसान